इसके लिए मतों के गिनती शुरू हो गई है

इस उपचुनाव में हालांकि कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है लेकिन दोनों पार्टियों के बागी उम्मीदवार भी अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं दोपहर तक दोनों चुनाव परिणाम आने की उम्मीद है धर्मशाला और पच्छाद दोनों ही स्थानों पर राजकीय महाविद्यालयों को मतगणना केन्द्र बनाया गया है

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्रदर्शन के यूट्यूब चौनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा बीएसएनएल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और महानगर संचार निगम लिमिटेडएमटीएनएल को वापस पटरी पर लाने की योजना को मंजूरी दे दी है सरकार ने कहा है कि दोनों कंपनियों को न तो बंद किया जाएगा और न ही इनका विनिवेश होगा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की सैद्वांतिक मंजूरी दे दी गई है उन्होंने कहा कि पुनरूद्वार योजना के तहत कई कदम उठाए जाएंगे दुर्घटना कुल्लू जिला में निरमंड तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले डीमजुआनी मार्ग पर गत देर शाम एक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों व पुलिस प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर शवों को गहरी खाई से निकाला

यह सभी आसपास के गांवों के निवासी हैं शवों को पोस्टमार्टम के लिए निरमंड अस्पताल भेजा गया है पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है पैंशन अदालत हिमाचल प्रदेश प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा बिलासपुर में दो दिवसीय पैंशन अदालत आयोजित की गई इस दौरान वरिष्ठ लेखा अधिकारी ओम प्रकाश ठाकुर ने पैंशन पारिवारिक पैंशन सामान्य भविष्य निधि और ऋण संबंधी मामलों की जानकारी दी इस दौरान पैंशन भोगियों द्वारा रखी जाने वाली समस्याओं के निपटारे के बारे में बताया गया साथ ही इन मामलों में समय समय पर संशोधित होने वाले नियमों पर भी चर्चा की गई एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने धर्मशाला और पच्छाद उपचुनाव के नतीजों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है मतगणना आज धर्मशाला और पच्छाद को मिलेगा नया विधायक सुबह आठ बजे से होगी वोटों की गिनती दैनिक जागरण के शब्द हैं आज आएंगे धर्मशाला और पच्छाद उपचुनाव के नतीजे पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल के लगभग एक जैसे शब्द हैं आज ईवीएम से निकलेंगे धर्मशाला पच्छाद के विधायक दैनिक भास्कर ने लिखा है उपचुनाव नतीजों से पहले ही कांग्रेस में छिड़ी एक नई जंग कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंद्र का आरोप सुधीर पार्टी के खिलाफ कर रहे काम ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से जुड़ी खबर को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है जहाज चौपर और मर्सडीज सब किराए पर लेगी सरकार आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को सफल बनाने में सहयोग करें उद्यमी दैनिक भास्कर ने बी सी सी आई के कोषाध्यक्ष बनने पर अरूण धूमल के हवाले से लिखा है आई सी सी से रूकी फंडिंग की बहाली पहला लक्ष्य राज्यों और खिलाड़ियों को भी मिलेगी हिस्सेदारी आपका फैसला के शब्द हैं अनुराग वित्त राज्य मंत्री तो अरूण बी सी सी आई कोषाध्यक्ष चंबा के भडल की मक्की देश में सर्वश्रेष्ठ शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है बीज में है बेहतरीन प्रोटीन और शर्करा दिल्ली में हुआ तीन किस्मों का पंजीकरण अमर उजाला ने प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों का सम्मान करे सरकार हिमाचल दस्तक के शब्द हैं ट्राइबल काट चुके कर्मचारी को दोबारा न भेजे स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़ी खबर को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है स्की स्कॉलरशिप को जारी करने के आदेश